इन्दौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय को मिली जमानत शूटिंग चैम्पियनशिप में रूबिका फ्रांसिस ने प्रदेश को दिलाए दो स्वर्ण पदक

सम्मेलन में शामिल नेताओं ने सबके लाभ के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि को सामूहिक रूप से सशक्त करने और नई तकनीक डिजिटलीकरण और इसके उपयोग पर सहमति व्यक्त की सम्मेलन के लिए नियुक्त शेरपा सुरेश प्रभु ने बताया कि भारत के लिए यह शिखर सम्मेलन कई मायनों में बहुत लाभकारी रहा है उन्होंने कहा कि भारत ने इस सम्मेलन में विश्व समुदाय के कल्याण के लिए किये गये नये पहलुओं के बारे में बताया श्री प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचाररोधी उपाय करना आवश्यक हो गया है

सुरेश प्रभू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने समाज की बेहतरी के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष तौर से जोर दिया अमित शाह केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बलों को मजबूत बनाने तथा उनके उन्नयन के लिए केंद्र पूरी सहायता उपलब्ध कराएगा उन्होंने एनडीआरएफ से कहा कि वह अगले पांच वर्ष में अपने उपकरणों को उन्नत और स्वदेशी बनाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ सहयोग करे अमित शाह ने कहा कि देश में ही विकसित उपकरण जरूरी है ताकि भारत आपदा मोचन के क्षेत्र में अग्रणी बन सके गह मंत्री राज्य आपदा मोचन बलों की क्षमता बढ़ाने के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे नई दिल्ली में इस सम्मेलन में होमगार्ड सिविल डिफेंस और अग्निशमन सेवाएं विभाग परामर्श कर रहे हैं अमित शाह ने कहा कि एनडीआरएफ को आपदा मोचन के क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ानी चाहिए क्योंकि भारत प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वाला देश है उन्होंने कहा कि आपदा मोचन बल के पास विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी और उपकरण होने चाहिए गोविन्द सिंह सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविन्द सिंह ने कहा है कि प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नया आयाम दिया जायेगा श्री सिंह आज भोपाल के आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी का निरीक्षण किया और अकादमी में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिये अकादमी में नई सुविधाओं के विकास की पहल करेगी उन्होंने कहा कि पिछले वर्षो में जिस तरह अकादमी ने उत्कृष्ट कार्य करके अपने पहचान बनाई है ये सिलसिल जारी रहना चाहिये उन्होंने नये कार्यों के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि अकादमी में आवश्यक रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मन की बात कार्यक्रम है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपील की है कि लोग मन की बात कार्यक्रम को सुने तथा दूसरों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें एक वीडियो संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाना है मुख्यमंत्री लोकार्पण मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज इन्दौर में एक सौ पचपन करोड़ रुपये की लागत से बने मध्यप्रदेश पुलिस आवास का लोकार्पण किया इस मौके पर उन्होंने पुलिस कर्मियों के अत्याध्रनिक आवास की प्रशंसा करते हए कहा कि प्रदेश सरकार इस प्रकार की इमारत राज्य के हर जिले और हर संभाग में बनवायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो प्रदेश की पुलिस के लिए अवकाश की घोषणा की थी वह हमने पूरा कर दिया है

इंदौर कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने भोपाल की एक विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी इस कोर्ट में मध्यप्रदेश के विधायकों और सांसदों के मामलों की सुनवाई होती है गौरतलब है कि हाल ही में इन्दौर में नगर निगम के अधिकारियों से मारपीट के मामले में आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार किया गया था

इसके शुरू होने से कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर अपने कार्ड से राशन ले संकता है आज नई दिल्ली मे पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री पासवान ने बताया कि देशभर के सभी राशन कार्डो को आधार नम्बर से जोड़ने और शत प्रतिशत पॉस मशीन के माध्यम से अनाज वितरण का काम अंतिम चरण में है महिला सशक्तिकरण महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति का मसौदा तैयार किया है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल लोकसभा में बताया कि मसौदे में एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है जिसमें महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले और वे हर क्षेत्र में प्रूषों के साथ बराबर की भागीदारी बन सकें श्रीमती ईरानी ने कहा कि इस मसौदे में महिलाओं की जरूरतों के समाधान के लिए स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा पोषण शिक्षा शासन और निर्णयकारी प्रक्रिया महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है

प्रशिक्षण के दौरान देश के जाने माने कानूनविद वित्तीय सायबर आर्थिक अपराध महिला अपराध पुलिस की जवाबदेही और नैतिकता पर विषय विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिये पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ कानून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रणवीर सिंह और मध्यप्रदेश पुलिस के विशेष पुलिस महानिर्देशक प्रशिक्षण संजय राणा और मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी के निदेशक के टी वाईफे द्वारा किया गया वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आरिफ अकील ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का हेर फेर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी श्री अकील ने आज इंदौर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यालय बना लिया है इस जमीन को जल्दी ही मुक्त करा लिया जायेगा

प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने स्वर्ण पदक विजेता रूबिका के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है रूबिका फ्रांसिस अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक जसपाल राणा एवं सहायक प्रशिक्षक जयवर्धन सिंह से शूटिंग खेल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है मौसम मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों में भोपाल रायसेन राजगढ़ विदिशा सीहोर होशंगाबाद बैतूल और हरदा जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है जबकि विभाग के अनुसार सागर पन्ना टीकमगढ़ दमोह छतरपुर उमरिया अनूपपुर जबलपुर नरसिंहपुर छिन्दवाड़ा इन्दौर धार खंडवा खरगोन देवास सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई गई है